तीन आसान उपायों का पालन करें और स्रक्षित रहें

दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया यह दवा वैज्ञानिकों की एक साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस को बढने से रोकने में यह दवा काफी हद तक प्रभावी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित इस दवा को हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी प्रदेश कोविड प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नये मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है

यहाँ ब्लैक फंगस का पहला मरीज भी मिला हैं सांसद रोडमल नागर ने कल आगरमालवा जिले में कोविड सेंटरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

मुरैना में पुलिस ने रोको टोको अभियान के तहत पैदल मार्च किया

इस रैकेट में अस्पताल के मेल फीमेल नर्स लैब टेक्निशियन और फर्जी डिग्री से डॉक्टर बने लोग शामिल थे रैकेट में तीन अस्पतालों के स्टाफ की भूमिका सामने आई है मरीजों को लगने के लिए आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन आरोपी चुराकर बेचते थे हमारी जबलप्र संवाददाता ने बताया कि जिले के ओमती और क्राइम ब्राच की टीम ने इस मामले में तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था मामले की जांच जारी है श्रूआती जांच में बाम्बे हॉस्पिटल अनंत अस्पताल और इनफिनिटी अस्पताल के स्टाफ शामिल पाए गए हैं टैकर पलटा झारखंड के बोकारो से भोपाल जा रहा एक बड़ा आक्सीजन लिकिवड टैंकर आज साग़र दमोह सड़क मार्ग पर गढाकोटा के पास पलट गया इसमे कोई जनहानि नही हुई आधिकारिक जानकारी के म्ताबिक ऑक्सीजन टैंकर पूरी तरह स्रक्षित है और कोई लीकेज नहीं हआ है आक्सीजन को दूसरे टैंकर में स्थानातरित कर भोपाल भेजा जाएगा मौसम चक्रवाती तूफान ताउ ते का असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है बदले मौसम के चलते कल से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बारिश हो रही है इससे मौसम स्हाना हो गया है ताउ ते तूफान का असर आगरमालवा जिले में भी देखने को मिला बीति रात से शिवपुरी जिले में रूक रूक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है